मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट बन रहे क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने और जांच व्यवस्था को और मजबूत करने के दिए निर्देश

जयपूर के रामगंज में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के कारण पुलिस प्रशासन ने चारदीवारी सहित दस थाना क्षेत्रों में लगाये गये कर्फ्यू में सख्ती की है इसके चलते अब इन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है कफर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में पुलिस की निर्भया स्क्वॉड टीम सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक फ्लैगमार्च कर रही है

श्री गहलोत ने कहा कि जिस तरह प्रदेश के पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाडा में स्थिति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया गया है उसी मॉडल पर काम करते हुए जयपुर जोधपुर कोटा टोंक चूरू झुंझुनूं आदि स्थानों पर भी संक्रमण के प्रसार को रोका जाए मुख्यमंत्री ने कल जोधपुर शहर के विधायकों संभागीय आयुक्त पुलिस कमिश्नर जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की समीक्षा की उन्होंने कहा कि जोधप्र में अचानक मामले बढना चिंता का विषय है इसको ध्यान में रखते हुए वहां घर घर स्क्रीनिंग के साथ जांच का दायरा बढाया जाए हमें हर हाल में कोरोना की कम्प्रनिटी स्प्रेडिंग को रोकना है इसके लिए सख्ती करनी पडे तो की जाए

परिषद ने लोगों से धार्मिक गतिविधियां घर के भीतर ही पूरी करने की अपील की है वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लोगों से अपील की है कि शब ए बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करें

इस बीच अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने लोगों से स्वास्थ्यकर्मियों और आवश्यक सेवा में लगे कार्मिकों के साथ सहयोग करने को कहा है

इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है

इधर धौलपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि जो भी व्यक्ति दिल्ली के निजामुद्दीन से कार्यक्रम में शामिल होकर लौटा है वह स्वयं ही आकर अपनी स्क्रीनिंग करवाये उन्होंने कहा कि अगर गुरूवार तक ऐसे व्यक्ति सामने नहीं आते है और बाद में प्रशासन को इनकी जानकारी मिलती है तो इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी

इसके अनुसार एक संदेश एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा इसका उद्देश्य उकसाने वाले उन संदेशों के प्रसार पर रोक लगाना है जो बेबुनियाद हो सकते है फैसबुक ने कल कहा कि यह कदम स्वास्थ्य संकट के इस दौर में लोगों को निजी संदेशों तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए उठाया गया है